हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुश्यंत चौटाला ने कहा है कि विपक्ष के लोग कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसल की खरीद के लिए पुरानी व्यवस्थाएं भी जारी रहेंगी और नये कानूनों से किसानों को ओर आजादी मिलेगी आज करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन में संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का स्तर उंचा उठाने के लिए तीन कृषि योजनाएं बनाई गई हैं जिससे किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों की भ्रांतियां काफी हद तक दूर हो चुकी हैं और मंडियों में धान और खरीफ की फसल की खरीद हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की आज्ञा नहीं दी जायेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही है और आढतियों को बहकाने का काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राहल गांधी इस मुददे पर केवल राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष के लोग कृषि कानूनों पर भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन प्रदेश के किसान जागरूक हैं और वो किसी के बेहकावे में आने वाले नहीं हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश्ज की सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल किसानों के हित में कई कांतिकारी निर्णय लिए हैं अपित अब तक की रिकार्ड मुआवजा राशि भी किसानों को दी गई है

श्री चौटाला ने बरोदा उप चुनाव के बारे में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि दोनो संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों का सम्वाद लगातार जारी है जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा फरीदाबाद में जेजेपी के कार्यकर्ता गांव में किसानों को कृषि अध्यादेशों के बारे में जागरूक कर रहे हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह डागर ने आकाशवाणी को बताया कि जिले का किसान पूरी तरह से कृषि अध्यादेश के पक्ष में है श्री डागर आज गांव मोहना में आयोजित किसानों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

सांसद धर्मबीर सिंह चरखी दादरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे सांसद ने कहा कि गड़बड़ कर बडे व्यापारियों को फसलें बेचने वाली खरीद एजंसी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी जिला अम्बाला के अनेक किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए नए कृषि कानूनों को किसान हितेषी बताते हुए इसका स्वागत किया है जिला अम्बाला के गाँव गेलदी के सरपंच एवं किसान प्रवीण कमार ने कहा है कि इससे किसान अपनी फसल को पूरे देश मे कहीं पर भी बेच सकेगा इससे किसान को भारी लाभ होगा अम्बाला के सम्भालख गाँव के किसान सुभाष का कहना है कि यह कानून आने वाले समय मे किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा किसान द्वारा अपनी फसल सीधे खरीदार को बेचने से ज्यादा फायदा होगा

उन्होंने कहा कि राम और रावण का युद्ध काफी दिनों तक चला

उन्होंनें कहा कि एक युद्ध हमारे भीतर असुरी और दैवीय विचारों के बीच चल रहा है महात्मा गांधी ने कहा कि दीपावली मनाने का अधिकार उन लोगों को है जो अपने अंदर के रावण को मार कर राम को जिताते हैं

इसी परीक्षासे प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रिय सविल सेवाओं के लिए चयन होता है सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कारी का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है

साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के देश के भावी उपायों की भी जानकारी दी देश में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता तथा जिन लोगों को इसकी शुरूआती खुराक मिलेगी उनके बारे में बताते हए उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे चरण में है

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क व रेल संपर्क में निरंतर सुरक्षा की विशेष पहल की है और दो नई रेलवे लाईनें भी स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेजी हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सड़कों के सुदृढिकरण मैद्रो के विस्तार तथा क्षेत्रीय द्वत पारगमन प्रणाली गलियारा विकसित करने की विशेष पहल की है हरियाणा रेल आधारभुत संरचना विकास निगम लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है जिसके माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक निजि भागीदारी में विभिन्न रेलवे परियोजनाएं कियान्वित की जा रही हैं उन्होंने बताया कि झज्जर से नारनौल के लिए साधा रेल संपर्क होगा व इससे दक्षिण हरियाणा में विकास के नये यूग का सूत्रपात होगा

हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष विद्या सागर बाघला ने कहा कि इस बार दीवाली के पावन पर्व पर गाय के गोबर से बनी मूर्तियां व दीयों से घर रोशन हो इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गौमय दीपावली अभियान की शुरूआत की है